कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रुप में ऐतिहासिक निर्णय लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई चीज हमेशा के लिये हो जाती है तो माना जाता है कि यह कभी नहीं बदलेगा और चलता रहेगा

साथ ही पाकिस्तान को भी अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे ले जाने में मदद मिल रही थी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कई वीरों को भी याद किया जिन्होंने इस क्षेत्र के लिये अपना बलिदान दिया है जम्मूकश्मीर को भारत का ताज बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र और देश के अन्य भागों के कई पुलिस और रक्षा कर्मचारियों ने शांति और संपन्नता के लिये अपना जीवन न्यौच्छावरकर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए गये थे और इसी तरह से विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख तथा गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत सम्मान दिया गया राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भारत रत्न प्रदान किया भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने उनकी और से सम्मान प्राप्त किया नानाजी देशमुख के एक रिश्तेदार वीरेंद्र जीत सिंह ने नानाजी की ओर से सम्मान ग्रहण किया समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे ईस्ट सियांग जिला स्वास्थ्य विभाग और आदी बाने केबांग ने गत ब्रधवार को मेबो सव डिविजन के अंदर नामसिंग गांव में जपानिस एंसेफ्लाटिस और मलेरिया पर जागरुकता अभियान चलाया जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालिंग दाई ने ग्रामीणों को मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए निवारक उपाय अपनाने और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने की सलाह दी जे ई रोगजनक वायरस संक्रमिक सूअरों बतख और घरेलू जानवरों से क्यूलेक्स मच्छर द्वारा प्रेषित होने की जानकारी देते हुए डी एम ओ ने लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए मच्छर दानी का उपयोग करने की सलाह दी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अब तक बीस से अधिक जे ई पॉजिटिव मामलों के साथ साथ तीव्र एन्सेफ्लाटिस सिंड्रोम वाले कई रोगियों का पता चला है इस बीमारी के आगे और फैलने को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है कुरुंग कुमे जिला उपायुक्त सह जिला स्वास्थ्य सोसायटी के अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने सभी हितधारको से स्कूली बच्चों और नागरिकों के बीच तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरुकता उत्पन्न कराने का आग्रह किया कोलोरियांग में कल राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर शाषी निकाय सह जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण के नियमों और विनियमों पर प्रतिबंध अधिनियम दो हजार तीन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया जिला स्कूली शिक्षा उप निदेशक गियोगी कहा ने शैक्षणिक संस्थानों के आस पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की सलाह दी पासीघट वन प्रभाग के डी एफ ओ ताशि मीजे के नेतृत्व में कल ईस्ट सियांग जिले में मेबो सव डिविजन के अंदर मेर गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित किया गया खाद्य सामग्री और पशुओं के दवाओं सहित राहत सामग्री को व्हाईल लाईव ट्रस्त ऑफ इंडिया द्वारा अपनी त्वरित कार्रवाई परियोजना के तहत प्रायोजित किया गया था डब्लू टी आई और पासीघाट वन प्रभारी द्वारा उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए ग्रामीणो सहित हेड गांव बूढ़ा ने गांव में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि दान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की

रक्षा सूत्रों ने बताया कि दोनों पायलट विमान से सुरक्षित निकल आए और उन्हें बचा लिया गया द्रर्घटना की वजह कोर्ट ऑफ इन्कवारी से पता चल पाएगी वेस्ट सियांग जिला बैडमिंटन संघ आगामी सत्रह से अट्ठाराह अगस्त तक योम्चा के जरबोम गामलिन इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता दो हजार उन्नीस आयोजित करने जा रहा है खेल प्रतियोगिता का विषय रहेगा खेल और हरीत प्रथ्वी के लिए हाँ कहों तंबाकू और प्लास्टिक को ना कहों